विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रहने वाले उनके निकट परिजनों को ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी विधेयक के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रहर्ने वाले उनके परिवार के निकट सदस्यों को भी एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी लेकिन यह केवल पांच वर्ष के लिए ही होगी

इससे दोनों केन्द्रशासित प्रदेशों के लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी तथा प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी केन्द्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए खुदरा तथा थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण सीमा घटाई है

इसका उद्देश्य खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढाना है

यह अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में सेवारत रेजीडेंट डॉक्टरों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार जारी है इससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है रेजीडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ कल चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने वार्ता की जो बेनतीजा रही इसके बाद मेडिकल चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया के साथ भी रेजीडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की लेकिन काम पर लौटने को लेकर कोई बात नहीं बन पायी उम्मीद जताई जा रही है कि आज सरकार के साथ रेजीडेंट डॉक्टरों की एक बार फिर बातचीत हो सकती है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जोगाराम को जयपुर जिला कलेक्टर लगाया गया है वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक नथमल डिडेल भरतपुर के कलेक्टर होंगे राज्य सरकार ने कल देर रात आईएएस अधिकारियों के तबादले की सुची जारी की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउट रीच ब्यूरो द्वारा भीलवाड़ा में केन्द्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमो पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है